मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में लॉकडाउन का कड़ाई से कराया जायेगा पालन

सरकार ने देश में लॉकडाउन अगले महीने की तीन तारीख तक बढ़ाने का फैसला किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि सभी राज्य और लोग लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं

उन्होंने कहा कि अब सभी हॉट स्पॉट तथा संवेदनशील क्षेत्रों में अधिक सतर्कता बरती जायेगी तथा लॉकडाउन का और सख्ती से पालन किया जायेगा ताकि संक्रमण का प्रसार नये क्षेत्रों में न हो सके प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने की बीस तारीख तक हॉट स्पॉट के प्रबंधन तथा लॉकडाउन नियमों के अनुपालन के संदर्भ में सभी राज्यों जिलों और क्षेत्रों पर कड़ी नजर रखी जायेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके बाद जिन राज्यों में हॉट स्पॉट नहीं होंग वहां कुछ शर्तों के साथ महत्वपूर्ण गतिविधियों की अनुमति दी जायेगी

उन्होंने कहा कि लोगों ने मुश्किलें उठाकर देश को बचाया है प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लिए लोग एक अनुशासित सिपाही की तरह अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं उन्होंने कहा कि देशवासियों की साम्हिक शक्ति आज डॉक्टर बीआर आम्बडकर की जयंती पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है

उन्होंने इसे सफल बनाने के लिए लोगों के अनुशासन और संयम की प्रशंसा की श्री मोदी ने कहा कि सरकार द्वारा समय पर की गई तैयारी से इस महामारी पर प्रभावी रूप से नियंत्रण किया जा सका है श्री मोदी ने लोगों से बुजुर्गों की विशेष देखभाल करने गरीबों की मदद करने और सुरक्षित दूरी बनाये रखने सहित सात प्रकार से सहयोग करने को कहा

तीसरी बात अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका अगर हम पालन करें गर्म पानी है काढ़ा है इनका निरंतर सेवन करें चौथी बात कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने में मदद करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल एप जरूर डाउनलोड करें

छठी बात आप अपने व्यवसाय अपने उद्योग में अपने साथ काम कर रहे लोगों के प्रति संवेदना रखें किसी को नौकरी से न निकालें सातवीं बात देश के कोरोना योद्वाओं हमारे डॉक्टर नर्सेस सफाई कर्मी पुलिसकर्मी ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें आदरपूर्वक उनका गौरव करें

प्रधानमंत्री ने लोगों से अपोल की कि वे अपने उद्योग और व्यवसाय में कार्यरत कामगारों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए वित्तीय संकट की स्थिति में उन्हें नाकरी से न हटाएं

इसके अलावा एक लाख बिस्तरों की व्यवस्था की गई है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लॉकडाउन को तीन मई तक बढ़ाने की घोषणा का स्वागत किया है श्री योगी ने कहा कि एक सौ तीस करोड़ देशवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिये यह कदम स्वागत योग्य है क्यांकि यह सभी के हित में हैं

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने आज लखनऊ में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का मुख्यमंत्री न निर्देश दिया है उन्होंने बताया कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लॉकडाउन के दौरान लोगों को कोई समस्या न हो

मरने वाले लोगों में से अधिकतर अन्य गंभीर बीमारियों से भी ग्रसित थे

उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस के नमूनों की जांच के काम में तेजी लाई गई है और इस समय प्रतिदिन दो हजार नमूनों की जांच जा रही है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

सरकार ने कोरोना वायरस के फैलने पर रोक लगाने के लिए खरीद केन्दों पर सुरक्षित दूरी बनाये रखने की शर्त लागू की है इस वर्ष बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के बावजूद रबी फसल का बंपर उत्पादन हुआ है और किसानों को उनके कृषि उत्पाद की खरीद के लिए सरकारी खरीद एजेंसियों के सहयोग की जरूरत ह प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह आर सूचना अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि किसानों की उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर न खरीदी जाये उन्होंने बताया कि खरीद की प्रक्रिया की निगरानी के लिये अधिकारियों को नामित किया गया है

प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने संदेश में कहा कि बाबा साहब के आदर्शो का अनुसरण ही नहीं बल्कि उनको आत्मसात करने की भी जरूरत है केन्द्र ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से पूर्णबंदी के दौरान जमाखोरी रोकने और आवश्यक वस्तुओं का उचित मूल्य सुनिश्चित करने को कहा ह उपभोक्ता कार्य मंत्री रामविलास पासवान ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए बैठक की उन्होंने निर्देश दिया कि स्थानीय बाजारों में उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए प्रभावो योजना शुरू की जाए उपभोक्ता कार्यमंत्री ने रबी मौसम के लिए गेहूं खरीद शुरू करने क सभी आवश्यक प्रबंध करने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि खरीद के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखने के निर्देशों का कड़ाई से पालन होना चाहिए केन्द्र यह सुनिश्चित कर रहा है कि देशभर के जनऔषधि केन्द्रों में उचित मूल्य पर दवाएं उपलब्ध हों रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि वर्तमान मुश्किल हालात में प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्रों के कर्मी राष्ट्र की सेवा में कोरोना योद्वा के रूप में काम कर रहे हैं

इसमें आयुष मंत्रालय के आयुर्वेद सलाहकार डॉक्टर मनोज नेसारी भाग लेंगे

ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और हमारे यूट्यूब चनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा